दोपहर तीन बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापिस ले सकते है इसके साथ ही तीनों सीटों पर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जायेगी इसके बाद निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्हों का आवंटन करेगा

बोर्ड ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है जिसमें पिछले शैक्षणिक वर्ष में हटाए गए अध्यायों और विषयों को फिर से बहाल कर दिया गया है

गौरतलब है कि पिछले साल सीबीएसई ने नवीं से बारहवीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में तीस प्रतिशत कटौती कर दी थी जिन छात्रों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई वे इस साल मई जून में परीक्षा देंगे

भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोरोना टीकाकरण का काम जोरों पर चल रहा है

दो जिलों चूरू और हनुमानगढ़ में संकमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने टवीट में कहा कि ये रेलगाड़ियां यात्रियों को सुरक्षित और आरामदेह यात्रा सुनिश्चित करेंगी हजरत निजामुद्दीन और सिकंदराबाद के बीच कल से एक साप्ताहिक राजधानी सुपरफास्ट विशेष रेलगाड़ी भी चलेगी

इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टवीट के जरिये कहा कि शिवाजी की द्रदर्शिता मानवीय दृष्टिकोण और राजनीतिक कौशल आज भी प्रेरणा का स्रोत है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टवीट के जरिये उन्हें याद करते हुए कहा कि भारतीय सेना के इतिहास में मानेकशॉ का योगदान भूलाया नहीं जा सकता

इसके बावजूद विभिन्न राज्यों से श्रद्धालू कैलादेवी पहुंच रहे हैं